अलवर जिले के थानागाजी में एक महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपी छोटेलाल गुर्जर को पुलिस ने कल सीकर के अजीतगढ स्थित अजमेरी गांव से गिरफ्तार किया इससे पहले कल अदालत में पीडिता के बयान हए पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग ने बताया कि प्रकरण में पुलिस सभी पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है जल्द ही इनके खिलाफ चालान पेश किया जायेगा

कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव आशीष मोदी द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि राज्य के मुख्य निवार्चन अधिकारी की सहमति से यह फैसला लिया गया है वहीं सरकार ने मामले की प्रशासनिक जांच कराने का भी निर्णय किया है यह जांच जयपुर के संभागीय आयुक्त करेंगे संभागीय आयुक्त को दो बिन्दुओं पर जांच करने के निर्देश दिये है इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग का दल पीडिता से मिलने थानागाजी पहुंचा उन्होंने वीडियो और फोटो अपलोड करने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले के विरोध में सभी जिला मुख्यालयों पर कल प्रदर्षन किया इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन भी सौंपा

भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रषेखर ने इस मामले को लेकर आज जयपुर बंद का आहवान किया है सवाईमाधोपुर जिले के छाण कस्बे में कल दो समुदायों के बीच विवाद से पैदा हुए तनावपूर्ण माहौल के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य है पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि विवाद के बाद मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो पक्षों के लोगों से आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा

उत्तर प्रदेश की चौदह हरियाणा की दस पश्चिम बंगाल बिहार और मध्यप्रदेश की आठ आठ दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों के लिए मतदान होगा

श्री जोशी ने इस मौके पर कहा कि हमें व्यक्तिगत कार्यकलापों के साथ साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में भी अपनी रचनात्मक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए

न्यायालय ने हालांकि स्पष्ट किया कि नियुक्तियां अदालत के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगी

यह जानकारी खाद्य सचिव मुग्धा सिन्हा ने कल जयपुर में दी श्रीमती सिन्हा ने बताया कि इनमें से एक दल झालावाड़ अलवर भरतपुर और सवाई माधोपुर जिलों तथा दूसरा दल राजसमंद बांसवाड़ा और चित्तौडगढ़ जिलों की मण्डियों तथा समर्थन मूल्य खरीद के लियें स्थापित केन्द्रों पर दौरा कर गेहूं के नमूने लेगा उन्होंने बताया कि दोनों दलों को तुरन्त ही राज्य में पहुंचने के निर्देश दिए गए है विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपीजोशी की अध्यक्षता में कल विधानसभा में राष्ट्रमण्डल संसदीय संघ सीपीए की राजस्थान शाखा की कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक सम्पन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति से सिरोही के विधायक संयम लोढा को सचिव और बानसूर विधायक शकृत्तला रावत को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया

जयपुर में आज से राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला शुरू हो रहा है

इस मेले में देश के विभिन्न प्रदेशों और क्षेत्रों के उत्कृष्ट मसालों को उपलब्ध कराया जायेगा मेले में राज्य में उत्पादित मसालों के अलावा तमिलनाड़ केरल और पंजाब राज्यों के विशिष्ट मसाले उपलब्ध होंगे